नौ दिसम्बर को होगा मतदान

देश भर में आज मनाया जा रहा है संविधान दिवस

और प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज सुबह से छाया हुआ है हल्का कोहरा

प्रदेश पैक्स चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन पत्र भरे जायेंगे राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अनुसार सुबह ग्यारह बजे से अपराहन तीन बजे तक प्रखंड कार्यालयों में नामांकन भरा जायेगा नामांकन की अंतिम तारीख अठाईस नवम्बर निर्धारित है उनतीस और तीस नवम्बर को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और दो दिसम्बर को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जायेगा मतदान नौ दिसम्बर को होगा पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को वर्ष दो हजार नौ के सिपाही भर्ती विज्ञापन के आलोक में तीन हजार तीन सौ अंठावन रिक्त पदों को दो महीने के भीतर भरने का आदेश दिया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने अवमानना याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया हाईकोर्ट ने वर्ष दो हजार चौदह में ही रिक्त पड़े इन पदों को भरने का आदेश सुनाया था लेकिन इस मामले में पुलिस मुख्यालय द्वारा कोई पहल नहीं की गयी थी वहीं एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने केन्द्र और राज्य सरकार को राज्य में दूसरे एम्स के लिए छह जनवरी तक जमीन का अधिग्रहण करने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा मांगा देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है आज ही के दिन उन्नीस सौ उनचास में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास से लागू किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक सौ पच्चीस जयंती समारोह के क्रम मं सत्ताईस नवम्बर दो हजार पन्द्रह को संसद में संविधान के प्रति वचनबद्वता पर बहस के समापन पर कहा था बाईट पीएम डॉ बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा मैं महसूस करता हूं कि एक संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो या बुरा हो सकता है क्योंकि जिन्हें इसे कार्यान्यित करने के लिए कहा जाता है और एक अपात्र समूह भी हो सकता है तथापि एक संविधान चाहे कितना भी खरा क्यों न हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि जिन्हें इसे कार्यान्वित करने के लिए दिया गया है वो एक अच्छा समूह हो संविधान का काम करना संविधान की प्रकृति पर भी पूरा निर्भर नहीं होता सरकार ने संविधान दिवस के सत्तरवें वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की योजना बनाई है संविधान दिवस के अवसर पर आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी संयुक्त बैठक के मद्देनजर लोकसभा और राज्यसभा का सत्र दो बजे से शुरु होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठक को संबोधित करेंगे समाज के विभिन्न वर्ग के लोग बड़ी संख्या में आज दिन के ग्यारह बजे संविधान की प्रस्तावना के बारे में सामूहिक शपथ लेंगे इसका उद्देश्य संविधान में वर्णित मूल्यों और सिद्वांतों के प्रति लोगों को जागरुक करना और सभी भारतीयों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सही भूमिका के प्रति प्रेरित करना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक अलग आयोग का गठन किया जायेगा श्री कुमार राजगीर महोत्सव को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने समय रहते ही सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है ताकि आने वाली पीढ़ियों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि मनरेगा के तहत इस वर्ष सोलह करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है विधान परिषद में एक प्रश्न का जवाब देते हुए श्री कुमार ने कहा कि योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक सात लाख तिरानवे हजार मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से हल्का कोहरा छाया हुआ है मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है वहीं अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की कमी आयी है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि तीस नवम्बर तक सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा लेकिन तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा राजधानी पटना की वायु गुणवत्ता कल देश में सबसे खराब रही हवा में नमी और कोहरे के कारण कणीय तत्व का स्तर चार सौ पांच माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकार्ड किया केन्द्रीय प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्रद्षण के मामले में मुजफ्फरपुर देश भर में दूसरे स्थान पर रहा यहां कणीय तत्व का स्तर तीन सौ तिरानवे माइक्रकोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया पुलिस मुख्यालय ने राज्य के पचास वैसे थानों को चिन्हित किया है जहां पिछले दिनों आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है इनमें सबसे अधिक थाने वैशाली मुजफ्फरपुर बेगूसराय समस्तीपुर और पटना जिले के हैं पुलिस मुख्यालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चिन्हित थानों में अपराध नियंत्रण को लेकर व्यापक पहल की जा रही है हाजीपुर में पिछले दिनों एक निजी फायनांस कंपनी से इक्कीस करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के सोना लूट कांड में पुलिस ने कुख्यात विकास झा के समस्तीपुर स्थित पगड़ा आवास पर इश्तेहार चिपकाया है मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी विकास झा की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए अभ्यर्थी आज से नामांकन पत्र भर सकेंगे पिछले दो दिनों के भीतर विभिन्न पदों के दो सौ नवासी अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र खरीदे नामांकन भरने की अंतिम तिथि अठाईस नवम्बर तक निर्धारित की गयी है मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में कल से सेना बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि बहाली प्रक्रिया के लिए सैंतालीस हजार अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है अभ्यर्थियों के रहने के लिए अस्थायी रेस्ट हाउस और शौचालय का भी निर्माण करवाया गया है आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है यह दिन देश में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार समिति स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से पिछले दिनों हुई तीस लाख रूपये लूट के मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश माली ने आरा स्थित एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है कैमूर जिले के मोहनिया में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का वीडियो वायरल होने के बाद आक्रोशित लोगों ने कई दुकानों और वाहनों में आग लगा दी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी हैं अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरगाछी चौक पर अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में घुस कर गोलीबारी कर दी जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये घटना में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सूर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद चल रही राजनीतिक खींचतान को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने लिखा है मुम्बई में शिवसेना गठबंधन ने करायी विधायकों की परेड राज्यपाल को एक सौ बासठ विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा हिन्दुस्तान ने इसी खबर को शीर्षक दिया है शक्ति परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज दैनिक भास्कर ने प्रद्षण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को प्रमुखता देते हुए लिखा है साफ हवा नहीं दे सकते तो विस्फोटक लाओ सबको मार दो प्रभात खबर ने लिखा है नौ हजार करोड़ से पांच साल में पूरा होगा सोन नगर गोमो डेडिकेटेट फ्रेट कॉरीडोर सौ किलोमीटर प्रतिघंटे की स्पीड से दौड़ेगी मालगाड़ी राष्ट्रीय सहारा लिखता है पूर्व मंत्री जगदानंद सिंह होंगे राजद के नये प्रदेश अध्यक्ष दैनिक आज की सुर्खी है झारखंड में नरेन्द्र मोदी का कांग्रेस पर हमला कहा वोट बैंक के लिए अयोध्या विवाद और आर्टिकल तीन सौ सत्तर का मामला लटका कर रखा

नौ दिसम्बर को होगा मतदान

देश भर में आज मनाया जा रहा है संविधान दिवस

और प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज सूबह से छाया हुआ है हल्का कोहरा